अध्यापक संघों की लंबित तर्कसंगत मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक होगा विचार केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया मिशन योजना से हर क्षेत्र में आ रही है क्रांति जयराम प्रदेश सरकार प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सुविधा देने के उद्देश्य से मेधा प्रोत्साहन योजना शुरू कर रही है जिसके लिए इस वित्त वर्ष में पांच करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ये जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक मीडिया समूह द्वारा आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए दी उन्होंने कहा कि सरकार विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों के संचार के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा और नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों पर एक अध्याय शुरू करने पर विचार कर रही है उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते प्रचलन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और अभिभावकों शिक्षकों और विद्यार्थियों से इस समाजिक बुराई को एकजुटता से खत्म करने का आग्रह किया मुख्यमंत्री ने इस दौरान मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया राजीव सहजल प्रदेश सरकार किसानों को अपने उत्पाद मंडियों तक पहुंचाने के लिए बेहतर संपर्क मार्ग व परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगी ये बात सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने आज सोलन जिला के अर्की विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न संपर्क मार्गों की आधारशिला रखने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कही उन्होंने कहा कि अर्की उपमंडल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब सौ करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न संपर्क मार्ग निर्मित किए जा रहे हैं सहजल ने संपर्क मार्गो के लिए लोगों से स्वेच्छा से भूमि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया ताकि जनसहयोग से प्रदेश का विकास सुनिश्चित हो सके राजीव सहजल ने लोगों से सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की भी अपील की वीरेंद्र कश्यप सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत देश भर में सांसदों द्वारा गोद लिए गए सभी गांवों में निशुल्क वाईफाई सुविधा मुहैया करवाई जाएगी केंद्रीय सूचना संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने आज लोकसभा में सांसद वीरेंद्र कश्यप के एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी

मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत नेट परियोजना के अंतर्गत देश की अढाई लाख ग्राम पंचायतों को आप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा वीरेंद्र कश्यप ने केंद्रीय मंत्री से पहाड़ी क्षेत्रों खासतौर पर हिमाचल में भारत नेट परियोजना सेवा जल्द शुरू करने की मांग की एचआरटीसी हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है निगम कर्मचारियों को सरकार ने तीन फीसदी महंगाई भत्ते की घोषणा की है डीए की बढ़ी हुई राशि अगस्त माह में मिलने वाले जुलाई के वेतन के साथ मिलेगी

परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि ये फैसला आज एचआरटीसी निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया उन्होंने कहा कि निगम में तीन साल का सेवा काल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारी नियमित होंगे और कॉन्ट्रेक्ट कर्मचारियों के ग्रेड पे में सौ फीसदी की बढ़ोतरी की गई है

परिवहन मंत्री ने एचआरटीसी में भ्रष्टाचार करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी वीरेंद्र कंवर हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ने अन्य लोकप्रिय ब्रांड के साथ स्पर्धा के लिए हिम घी को नए व आकर्षक पैक में बाजार में उतारा है पशु पालन मंत्री वीरेंद्र कवर ने हिम घी के इस नए पैक का कल शाम शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि मिल्कफैड को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से सुदृढ़ किया जाएगा वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में मिल्कफैड की गतिविधियों को सुदृढ़ करने को लिए विस्तृत योजना तैयार की गई है डेंग् बिलासपुर जिले में आज डेंगू के आठ नए मामले दर्ज किए गए

उन्होंने लोगों से डेंगू से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने का आह्वान किया अजय श्रीवास्तव प्रदेश सरकार ने उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष व विकलांगता अधिकार कार्यकर्त्ता अजय श्रीवास्तव को राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड का विशेषज्ञ सदस्य मनोनीत किया है अजय श्रीवास्तव ने कहा कि नई राज्य विकलांगता नीति बनाने का प्रयास उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी सुरेश भारद्वाज विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में अध्यापक वर्ग ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से अपना दायित्व निभाए ये बात शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिक्षा निदेशालय में स्कूल लैक्चरर एसोसिएशन के साथ बैठक के दौरान कही उन्होंने कहा कि सरकार गुणात्मक शिक्षा के प्रसार में आने वाली विसंगतियों को दूर करने के लिए वचनबद्व है सुरेश भारद्वाज ने प्रारंभिक स्तर से उच्चतर स्तर तक शिक्षा में और अधिक सुधार लाने के लिए शिक्षक वर्ग से सहयोग का आग्रह किया शिक्षा मंत्री ने इस दौरान स्कूल प्रवक्ता एसोसिएशन की पदोन्नति वेतन विसंगति पेंशन और पदनाम बदलने सहित विभिन्न मांगों की जानकारी ली उन्होंने आश्वासन दिया कि अध्यापक संघों की लंबे समय से चली आ रही तर्कसंगत समस्याओं के निपटारे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में लिए गए इस फैसले से गरीब व जरूरतमंद परिवारों को सालाना पांच लाख रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी डिजिटल मिशन केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना डिजिटल इण्डिया मिशन से हर क्षेत्र में नई क्रांति आई है

डिजिटल मिशन से जुड़कर लोग बेहतर महसूस कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के इस कदम की सराहना कर रहे हैं

इसके लागू होने से दूरदराज सहित शहरी क्षेत्रों के लोग घर बैठे कई सुविधाएं हासिल कर रहे हैं जिससे उनके पैसे व समय की बचत भी हो रही है

सबसे बड़े जिला कांगड़ा के संजीव का कहना है कि डिजीटीकरण से विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र और ज़मीन संबंधी दस्तावेज ऑनलाईन प्राप्त हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की पहल सार्थक सिद्द हो रही है पहले हिमाचल प्रदेश में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में रोजमर्रा के जिन कार्यों के लिए लोगों को कई किलोमीटर का सफर तय कर और ज्यादा भुगतान करना पड़ता था वहीं काम अब किसी भी स्थान से मोबाईल से हो रहे हैं इन सब कदमों से साबित होता है कि प्रधानमंत्री का डिजीटल साक्षरता को बढ़ावा देने का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है

इसी कड़ी में बिलासपुर के हरलोग पंचायत के पूर्व सैनिकों ने इस मुहिम के लिए निर्माण सामग्री उपलब्ध करवाई एक ईंट शहीद के नाम अभियान के संयोजक संजीव राणा ने ये जानकारी देते हए बताया कि निर्माण सामग्री एकत्रित करने के लिए संग्रह केंद्र निर्धारित किए गए हैं बैठक बीते कल शिमला में विद्युत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण कपूर की अध्यक्षता में हिम ऊर्जा और विमिन्न स्वतंत्र उत्पादकों की कार्यप्रगति को लेकर एक बैठक हुई

तरुण कपूर ने सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों से विद्युत परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का आग्रह किया बिजली बाधित चंबा जिले में जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी के साच पावर हाऊस में तकनीकी खराबी के चलते क्षेत्र में पिछले दो दिनों से विद्युत आपूर्ति बाधित है स्वयं सेवी संस्था सेवा के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने इस समस्या का जल्द समाधान करने की सरकार से मांग की है कविता संग्रह हिमाचल साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कवि गुरमीत बेदी के कविता संग्रह मेरी ही कोई आकृति को अब जर्मनी के कविता प्रेमी भी पढ़ सकेंगे